उज्जैन में पांच लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई

मंत्रिमंडल विमाग प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को हुए तीन दिन हो गये है लेकिन अभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है पार्टी सूत्रों के मुताबिक बड़े विभागों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है इसी वजह से विभागों का वितरण टल रहा है इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को लेकर केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे श्री चौहान विभागों के वितरण के बारे में भी चर्चा कर सकते है हालांकि अधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ग्वालियर और चंबल अंचल में सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे साथ ही वे केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिलकर प्रदेश में गेहूं खरीदी के संबंध में भी विचार विमर्श करेंगे वासनिक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक आज भोपाल पहुंचे

साथ ही वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि श्री वासनिक कल भी संगठनात्मक मामलों की समीक्षा करेंगे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

गुरू पूर्णिमा प्रदेश में आज गुरू पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है हालांकि कोरोना संकमण के चलते इस वर्ष परंपरागत आयोजन नहीं हो रहे है और लोग घरों में रहकर ही गुरू की आराधना कर रहे है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा है कि अपने अप्रतिम ज्ञान अनुभव और दर्शन से हम सबके जीवन को आलोकित कर गतंव्य तक पहुंचाने वाले सभी गुरूजनों से यही कामना है कि वे सबके जीवन से अंधकार मिटे होशंगाबाद जिले में सादगी पूर्ण तरीके से गुरू पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है कुछ मंडलों द्वारा गुरू की आराधना भजन कीर्तन के साथ की जा रही है जबलपुर में ग्वारी घाट स्थित सिद्ध घाट दादा दरबार कालीधाम आश्रम नरसिंह मंदिर सहित अनेक धार्मिक स्थलों में पादका प्रजन किया गया

साथ ही मण्डारों और धार्मिक ज़लूसों पर भी प्रतिबंध रहेगा खंडवा के प्राचीन विट़ठल मंदिर में शारीरिक दूरी बनाये रखते हुए और मॉस्क लगाकर आज गुरूपूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है वहीं बैतूल में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने जिले के श्रद्धालुओं से गुरू पूर्णिमा पर्व पर खंडवा न जाने की अपील की है धार में भी गुरुपूर्णिमा उत्साह के साथ मनाया जा रही है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज ग्रुपूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हालांकि दूसरी तरफ आनंदपुर में डेढ़ सौ वर्ष पुराना गुरूपूर्णिमा पर आयोजित होने वाला मेला इस वर्ष कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है

आज सुबह से ही राजधानी मोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रो में बारिश हो रही है

उनके स्थान पर डाक्टर अंजलि गोयल को पदस्थ किया गया है